महामारी के बारे में वर्च्अल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि दो सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जनभागीदारी वहीं साइंटिफिक अप्रोच वहीं सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे

उन्होंनेकहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी श्री मोदी ने अधिकारियों से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आमजन को जानकारी देने को भी कहा उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यापक अभियानों में ही सही जानकारी से अफवाहें फैलने से रोका जा सकेगा उन्होंने यह भी कहा कि टीका आने तक लोगों को मास्क पहनने एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाये रखने और बार बार हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपाय जारी रखने चाहिए मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जशपुर जिले के प्रवास के दौरान रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सात सौ बयानवे करोड़ रूपए से अधिक की लागत के एक सौ छियानवे विकास कार्यो का भूमिपूजन और लोकार्पण किया इनमें चौंसठ सड़कों का निर्माण कार्य भी शामिल है इन कार्यो के पूरा होने से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी वहीं मुख्यमंत्री ने नल जल योजना सोलर सिंचाई पम्प सोलर होम लाईट और सोलर प्लांट स्थापना कार्य का भी लोकार्पण किया श्री बघेल ने आज जशपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों से रूबरू होकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया वहीं मुख्यमंत्री ने जशपुर में पुरातात्विक जिला संग्रहालय का भी शुभारंभ किया इस संग्रहालय में जिले की जनजातियों की परंपरा और जीवन शैली को शिल्प चित्रों मूर्तियों निवास स्थलों मकानों के माडल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है वहीं मुख्यमंत्री कल पांच दिसंबर को जशुपर और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान वे जशपुर के गमरिया धान खरीदी केन्द्र और गौठान का निरीक्षण करेंगे वहीं श्री बघेल बिलासपुर में आयोजित तिरालीसवें नाचा महोत्सव में भी शामिल होंगे

रायगढ़ में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो हजार अड़तालीस सोसायटियों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है बारदाने की कमी न हो इसलिए केन्द्र सरकार से चार लाख गठान की मांग की गई थी लेकिन एक लाख तैंतालीस हजार गठान देने की सहमति बन पाई है श्री बधेल ने कहा कि किसानों को बारदाने की कमी न हो इसलिए धान खरीदी के लिए प्लास्टिक के बारदाने का उपयोग भी किया जा रहा है इस बीच प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रहे धान खरीदी के तीसरे दिन कल तक चार लाख दस हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है इसके एवज में राज्य के लगभग चालीस हजार किसानों को दो सौ उनतालीस करोड़ रूपये का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया है महासमुंद जिले में कल सबसे ज्यादा इकतालीस हजार मीटरिक टन से अधिक और दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम छियानवे मीटरिक टन धान की खरीदी की गई वहीं प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या चौरानवे प्रतिशत से भी ज्यादा हो चुकी है पिछले दो साल में प्रदेश में खेती के रकबे में भी बढ़ोत्तरी हुई है प्रदेश में वर्ष दो हजार सत्रह तक छिहत्तर प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचते थे अब यह आंकड़ा चौरानवे दशमलव दो प्रतिशत पर पहुंच गया है इस वर्ष धान बेचने के लिए दो लाख अड़तालीस हजार नये किसानों ने पंजीयन कराया है

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज सरगुजा जिले के ग्राम दरिमा करजी और कर्रा में उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए श्री भगत ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए धान खरीदी के दौरान सैनिटाईजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए किसान आत्महत्या कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर गांव में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है आरोप है कि धान खरीदी नहीं हो पाने के कारण वह परेशान था इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों का पूरा धान खरीदने के राज्य सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं किसानों को न तो टोकन मिल पा रहा है और न ही उनका धान समय पर बिक रहा है श्री साय ने कहा कि खरीदी केन्द्रों में किसान अपनी पारी का इंतजार करते लाइन लगाकर खड़े रहते हैं उन्होंने किसानों की पूरी उपज खरीदने और खरीदी के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है कृषि कानून केन्द्र सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोग्ना करने के लिए कई कदम उठाए हैं सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित तीन नए कानून लागू किए हैं

इस एतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आधार पहुंचाया है देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह आनाज सीधे सीधे फैक्टरी गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है इन सबसे आलावा नये विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह संशोधित किये बगैर किसनों को नई व्यवस्था चुनने का विशेष अधिकार देते हैं

राज्य में कल एक हजार पांच सौ पचपन नये मरीजों की पहचान की गई वहीं कल सत्रह मरीजों की मौत भी हुई है वहीं विशेषज्ञों ने लोगों खासकर बुजुर्गों को ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह दी है मेकाहारा के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा कि लक्षण दिखने के चौबीस घंटे के अंदर ही सभी लोगों को कोरोना जांच करानी चाहिए उन्होने कहा कि ऐसे बुजुर्ग और ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्व में कोई बीमारी है वे अपना खास ख्याल रखे इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश कुमार चौहान ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

जिले के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हकवा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर मारा गया जो दो दिन पहले गोंगला में हुई ग्रामीण की हत्या के साथ ही गंगालूर मिरतुर और भैरमगढ़ थाने में हुई माओवादी घटनाओं में शामिल था मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी के शव के अलावा हथियार पिट्ठू और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है नौसेना दिवस आज नौसेना दिवस है यह दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल चार दिसंबर को मनाया जाता है वर्ष उन्नीस सौ इकहत्तर में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पीएनएस खैबर सहित पाकिस्तानी नौसेना के चार पोतों को ड्बा दिया था जिससे सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सुचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं संस्कृत विद्यामंडलम् सम्मान छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा इस वर्ष संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्कृत विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा इसके तहत महर्षि वाल्मीकि सम्मान ऋष्यश्रृंग सम्मान लोमश ऋषि सम्मान माता कौशल्या सम्मान और महर्षि वेदव्यास सम्मान प्रदान किए जाएंगे इसके लिए संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा बीस दिसम्बर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं इच्छुक विद्वान या संस्था अपना आवेदन रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम कार्यालय में भेज सकते हैं हाफ बिजली बिल योजना राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है इस योजना के तहत अब तक अड़तीस लाख बयालीस हजार से अधिक उपभोक्ताओं को एक हजार तीन सौ छत्तीस करोड़ रूपये की सब्सिडी दी गई है योजना में बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह चार सौ यूनिट तक की बिजली खपत पर पचास प्रतिशत की छुट की पात्रता दी जा रही है गौरतलब है कि प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना एक मार्च दो हजार उन्नीस से प्रारंभ की गई है इसका लाभ सभी बीपीएल और अन्य घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहा है प्लेस ऑफ सेफ्टी राजधानी रायपुर के माना कैम्प में बाल अपराधियों को रखने के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी यानी शासकीय सुरक्षित स्थान बनाया जाएगा इसका भूमिपूजन कल महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेडिया ने किया चौदह हजार चार सौ तिरासी वर्गफीट क्षेत्र में एक करोड़ तेरह लाख रूपये की लागत से बनने वाले इस प्लेस ऑफ सेफ्टी में पच्चीस बालकों को रखा जा सकेगा गौरतलब है कि केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है यहां बालकों की काउंसिलिंग कर उनके सुधार और पुनर्वास के लिए उपाय किए जाएंगे साथ ही उन्हें कौशल विकास खेलकूद और योग जैसे माध्यमों से मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा ट्रेन परिचालन रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने हटिया और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चल रही पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया है अब यह ट्रेन तीस दिसंबर तक चलेगी इसमें कुल बाईस कोच लगाए गए हैं वहीं किसान आंदोलन के कारण छह दिसंबर को अमृतसर से छूटने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन अंबाला अमृतसर अंबाला के बीच रद्द रहेगी दुर्घटना राजनांदगांव जिले में पर्शीनाला क्रॉसिंग के पास आज हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक पर्रीनाला के पास मोटरसाइकिल सवार एक दंपत्ति आज दोपहर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे इसी दौरान तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई घटना से नाराज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया जिससे मार्ग पर काफी समय तक आवागमन बाधित रहा पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए और चक्काजाम समाप्त किया वहीं इसी जिले के अंबागढ़ चौकी के ग्राम जोरातराई में कल ट्रैक्टर की चपेट में आए एक बालक की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रातभर बालक के शव को लेकर सड़क पर चक्काजाम किया परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करके बच्चे का शव पोस्टमार्टम कराने ले गई घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक छन्नी साहू ग्रामीणों से मिलने पहुंची और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी इसके बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया

इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है

उनके पास से दस लाख रूपये नगद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है जांजगीर चांपा जिले के सरवानी गांव में पुलिस ने बकरी चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनके पास से तीन बकरियां बरामद की गई हैं

वहीं खल्लारी में एक महिला की हत्या के मामले में भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है

इसी जिले के बागबाहरा में पुलिस ने चौंतीस पेटी अंग्रेजी शराब के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है